रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में अपना यूरिया सोना उगले कार्यक्रम का शुभारभ किया यह हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का ब्रान्ड है इस संयुक्त उपक्रम को महारत्न कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय तेल निगम ने पालन किया है श्री गौड़ा ने कहा कि यूरिया के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने पांच बड़े बीमार या बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को फिर से खोलने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि उर्वरक संयंत्रों के काम करने से आयात पर निर्भरता घटेगी

उन्होंने कहा कि जांच में यदि प्रदर्षनकारियों के साथ कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्व भी कड़ी कार्रवाई होगी उन्होंने नागरिकों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है

इसके कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था

पूरे देश से दो हज़ार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों का उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे

हमारे संवाददाता मुनीन्द्र दुबे ने इन्दौर से चयनित विद्यार्थियों से बात की

नेहरु युवा केंद्र साइकिल रैलियों का आयोजन आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने और उसके व्यवहार और जीवन में शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर रहा है इंदौर शहर में साइकिल रैली नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई नेहरू स्टेडियम में समाप्त होगी

रतलाम रायसेन मुरैना डिण्डोरी नरसिंहपुर शिवपुरी होशंगाबाद सहित विभिन्न जिलों में आज साइकिल रैली निकाली जा रही है

ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में साढ़े तीन लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी

अभियान को सफल बनाने के लिए आज शहर में एक जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया है उधर सागर नरसिंहपुर रायसेन झाबुआ और खंडवा में भी आज पल्स पोलियो अभियान संबंधी जनजागृति रैली निकाली जाएगी

भोपाल जबलपुर ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों में भी कल अधिवक्ता परिषद के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ

तीन मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें अब एक एक की बराबरी पर हैं

मोहम्मद शमी ने तीन विकेट तथा रविन्द्र जडेजा और नवदीप सैनी ने दो दो विकेट लिए

श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल बेंगलुरू में खेला जाएगा